इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ

दूसरे चरण के मतदान के लिये कल शाम थम जायेगा प्रचार का शोर

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गूजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की बाद में उन्होंने देशवासियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई

इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य लोगों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गृह मंत्री ने लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलायी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज छत्तीसवीं पुण्यतिथि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि विरोधी दल के नेता अपने रवैये से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं श्री सिंह भागलपुर के पीरपैंती में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले पर कांग्रेस सवाल उठा रही थी लेकिन अब पाकिस्तान के एक मंत्री ने खुद वहां की संसद में इस बात को स्वीकार किया है कि यह हमला पाकिस्तान सरकार की साजिश थी श्री सिंह ने कहा कि हमले के समय सरकार पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की चुप्पी बता रही है कि अपने राजनीतिक हितों के लिये ये दल देश की सुरक्षा से भी समझौता कर सकते हैं दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है इस चरण के लिये कल शाम चुनाव प्रचार थम जायेगा एनडीए और महागठबंधन के नेता जहां एक ओर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है इस सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीवान और बेगूसराय में आयोजित चुनावी रैलियों में विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार को गुंडाराज के दौर से बाहर निकाला जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी शिवहर और खगड़िया में चुनावी सभाओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि विरोधी दल सरकार को लेकर झूठ और भ्रम का माहौल पैदा कर रहे हैं श्री कुमार ने कहा कि जनता इन दलों को पहले भी परख चुकी है और अब किसी झांसे में नहीं आने वाली है दूसरी तरफ राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने विभूतिपुर कुशेश्वर स्थान और मधुबनी में आयोजित चुनावी सभाओं में कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो पढ़ाई दवाई कमाई और सिंचाई सरकार की प्राथमिकता होगी भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सारण समस्तीपुर और सीतामढ़ी में जनसभाओं को संबोधित करते हुये कहा कि केंद्र सरकार बिहार को आईटी हब के रूप में विकसित करने के लिये प्रतिबद्ध है भागलपुर में एक चुनावी सभा में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि यदि वे सरकार में आते हैं तो शिक्षा और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान दिया जायेगा सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने सरैया और भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने गोपालगंज में महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना सिटी में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नाथनगर में और जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने हिलसा में अपने उम्मीदवारों के लिये वोट मांगे चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रथम चरण में इकहत्तर विधानसभा सीटों के किसी भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान नहीं होगा प्रथम चरण के तहत संपन्न मतदान की समीक्षा के बाद आयोग ने पाया कि चुनाव प्रक्रिया प्रभावी नियमों के अनुसार संपन्न हुई इधर दूसरे चरण के मतदान लिये आयोग ने सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली है इस चरण के तहत इकतालीस हजार तीन सौ बासठ पोलिंग बूथ बनाये गये हैं जहां दो करोड़ पचासी लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधान सभा चुनाव पर विशेष श्रंखला के तहत एक रिपोर्ट साउंड बाईट सुनते हैं खगडिया जिले के चार विधान सभा क्षेत्रों का चूनावी परिद्रश्य साउंड बाईट खगड़िया जिले के समी चार विघानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में तीन नवंबर को मतदान संपन्न होगा

मुख्य मुकाबला जनता दल यूनाइटेड की साधना देवी और महागठबंधन के राजद प्रत्याशी रामव्रक्ष सदा से है पिछले चुनाव में इस सीट से चुनाव जीते मौजूदा विधायक चंदन कुमार को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार नहीं बनाया है इस सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक रह चुके रामचंद्र सदा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है

निवर्तमान विधायक पूनम देवी यादव को जनता दल यादव ने तीसरी बार मौका दिया है लेकिन उन्हें शिकस्त देने के लिए इस बार लोजपा प्रत्याशी खगड़िया की पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के छत्रपति यादव जन अधिकार पार्टी के मनोहर कुमार यादव भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं बेलदौर सीट से तीन बार लगातार चुनाव जीत चुके पन्नालाल सिंह पटेल जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर फिर से मुकाबले में हैं लेकिन उनसे यह सीट झटकने के लिए इस बार महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के डॉ चंदन यादव लोजपा के मिथिलेश निषाद जन अधिकार पार्टी के नागेंद्र सिंह त्यागी ने पूरी ताकत झोंक दी है

परबत्ता सीट से एन डी ए गठबंधन की ओर से जनता दल यूनाइटेड ने कई बार चुनाव जीत चुके निवर्तमान विधायक रामानंद प्रसाद सिंह के पुत्र डॉ संजीव कुमार को उम्मीदवार बनाया है

आकाशवाणी समाचार के लिए खगडिया से प्रभात सुमन आयकर विभाग ने पटना भागलपुर हिलसा और कटिहार से संचालित चार बड़े ठेकेदार समूहों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान पचहत्तर करोड़ रूपये की अघोषित आय का खुलासा किया है गया में भी खनन से जुड़े कुछ कारोबारियों के यहां तलाशी ली गई है चारों समूहों को कर चोरी में शामिल पाया गया है इन समूहों ने सामग्री और श्रमिक उपलब्ध कराने पर हुए व्यय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि नकदी प्रविष्टि बिक्री और खरीद में आठ करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ी की गई है पत्थरों की खरीद बिक्री का हिसाब भी बही खाते में नहीं मिला है बोर्ड के अनुसार तलाशी के दौरान तीन करोड़ इक्कीस लाख रुपए जब्त किए गए हैं और तीस करोड़ रुपए के फिक्स्ड डिपोजिट्स और सोलह करोड़ रुपए की संपत्ति की निकासी पर रोक लगाई गई है बोर्ड ने कुछ फर्जी पक्षों के बैंक दस्तावेज खाते और अन्य सामग्री भी बरामद की है मुंगेर में हुये उपद्रव के बाद स्थिति अब सामान्य होने लगी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई गोलीबारी की जांच शुरू कर दी गयी है

रक्षा सचिव अजय कुमार ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि ओबीसी कोटे के लिये नामांकन में सत्ताईस प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी प्रदेश में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर पंचानवे दशमलव छह आठ प्रतिशत हो गई है यह राष्ट्रीय औसत से चार दशमलव पांच तीन प्रतिशत अधिक है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां दूसरे चरण के चुनाव के लिये प्रचार अभियान से जुड़ी खबरें हिन्दुस्तान दैनिक जागरण प्रभात खबर और दैनिक भास्कर समेत सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है इसके अलावा आयकर विभाग द्वारा नल जल योजना के ठिकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी और मुंगेर कांड से जुड़ी खबरों को समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ

दूसरे चरण के मतदान के लिये कल शाम थम जायेगा प्रचार का शोर